आयोग ने ग्यारह अप्रैल को इन ब्रथों पर हुए मतदान के दौरान इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों में आई गड़बड़ी के कारण दोबारा वोट डाले जाने की घोषणा की है ये अटठारह ब्रथ कुरुंग कुमे जिले में चार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के तहत आते हैं राज्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने बताया है कि पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए जिले में अर्धसैनिक बलों की अतिरिक्त कंपनियां तैनात की गई हैं राज्य में यारह अप्रैल को एक ही चरण में लोकसभा और विधानसभा के लिए वोट डाले गए थे लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार अभियान रविवार शाम को समाप्त हो गई है तेरह राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की एक सौ सोलह सीटों के लिए कल मतदान होगा भारतीय नौसेना ने कल मुंबई में मझगांव गोदी में मिसाइल विध्वंसक जहाज इल्फाल का जलावतरण किया इम्फाल इस परियोजना का तीसरा जहाज है जिसके तहत बहुउद्देश्य हेलिकॉप्टरों को ले जाने और संचालित करने वाले जहाज बनाए जाते हैं भारतीय नौसेना ने एक वक्तव्य में बताया कि इस मिसाइल विध्वंसक जहाज को रडार पारदर्शी डेक के इस्तेमाल से अधिक सक्षम बनाया गया है जिससे इसका आसानी से पता लगाना संभव नहीं होगा इस अवसर पर नौसेना प्रमुख एडमरल सुनील लांबा ने बताया कि आने वाले दिनों में नौसेना के बेड़े में और अधिक जहाज और पनडुब्बियां शामिल की जाएगी

उन्होंने इसकी कुशासन और राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने के लिए कांग्रेस पार्टी की आलोचना की उत्तर गुजरात में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों को उन्नीस सौ पचासी के बाद से एक भी आधुनिक टैंक नहीं मिला है जबकि भारत में अब गुजरात सहित देश में उत्पादन सुविधाएं हैं उपग्रह रोधी मिसाइल के सफल परीक्षण का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि भारत अब दुनिया के महाशक्तियों में से है

वे नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर एक रिपोर्ट जारी करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे

श्री चिदंबरम ने कहा कि उनकी पार्टी विचार विमर्श के बाद रिपोर्ट में दिए गए कुछ सुझावों को शामिल करेगी राज्य का छठा अरुणाचल फिल्म फेस्टिवल कल संपन्न हो गया राजधानी क्षेत्र के ड्री ग्राउंड के सामुदायिक हॉल में आयोजित समापन कार्यक्रम में राजीव गांधी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर साकेत कुशवाहा राजधानी क्षेत्र के पुलिस अधीक्षक तुम्मे अमो और फिल्म निमार्ण से जुड़े अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे

इसके अलावा कई अन्य वर्गों में भी सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए कलाकारों को सम्मानित किया गया श्रीलंका सरकार ने देश में कल हुए आतंकी हमले के बाद स्थितियों से निपटने के लिए देश में आपातकालिन प्रावधानों को लागू करने का फैसला लिया है देश में आज आधी रात से आपात स्थिति लागू करने का फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में लिया गया देशभर में कल राष्ट्रीय शोक दिवस मनाये जाने की घोषणा की गई है आंतकी हमलों में मृतकों की संख्या बढ़कर करीब तीन सौ हो गई है मृतकों में पांच भारतीय भी शामिल हैं इन बम विस्फोटों में पांच सौ से अधिक लोग घायल हुए है